राज्य सरकार के जनमंच कार्यक्रम को लेकर विधानसभा में तीखी नोकझोंक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए विशेष अभियान चलाएगी सरकार बर्फबारी से प्रभावित लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी के लोगों ने हैलीकॉप्टर उड़ान की सरकार से की मांग प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि शिमला शहर में गंभीर होती ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए स्काई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश धवाला के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ते ट्रैफिक से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है और इसके लिए जो सुझाव आएंगे उन सभी पर गौर किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि रोप वे और सुरंग निर्माण को लेकर भी सरकार गंभीर है उन्होंने कहा कि सरकार राज्य सचिवालय के पास भी एक और पार्किंग बनाने की संभावनाएं तलाशेगी उन्होंने कहा कि शिमला में वाहनों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है

इसी मुद्दे पर भाजपा के राकेश पठानिया ने फ्लाईओवर स्काई ट्रांसपोर्टेशन तंत्र विकसित करने और कांग्रेस के सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय के पास बीस बीघा जमीन में पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग उठाई प्रश्नकाल के दौरान ही जनमंच कार्यक्रमो पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई

इस पर विपक्ष ने यह कहकर आपति जताई कि जनमंच कार्यक्रमों में सरकारी पैसे का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है

इस तरह सरकारी पैसे की बंदरबांट हो रही है और सरकार इसका आडिट करवाए इस पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि विपक्ष जनमंच कार्यक्रमों पर अनावश्यक तौर पर सवाल खड़े कर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व आम जनता की समस्या का निराकरण करना है और जनमंच कार्यक्रमों में घरद्वार पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन कार्यक्रमों में धन का कतई दुरूपयोग नहीं हो रहा है और बाकायदा इसके आडिट करवाने की भी व्यवस्था है

भाजपा के परमजीत सिंह पम्मी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि यह सच्च है कि सोलन और बद्दी अलगअलग पुलिस जिला होने के बावजूद जिला सोलन में पुलिस जवानों की संख्या बददी से अधिक है उन्होंने आश्वासन दिया कि बददी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में बिगड़ती काननू व्यवस्था खनन माफिया और नशाखोरी की बढ़ती समस्या को देखते हए वहां पर प्रलिस जवानों की अधिक तैनाती करेगी भाजपा के राकेश जम्वाल और विनोद कुमार के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल की अपनी सरप्लस जमीन वापिस लेने का मामला दो बार उठाया है और अब इसे केंद्र सरकार के साथ नए सिरे से उठाया जाएगा भाजपा प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि हर ब्थ पर भाजपा के कम से कम दो कार्यकर्ताओं ने ये सर्म्पण राशि अर्पित की उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश पार्टी और सिद्धांतों की राजनीति से कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने का कार्य किया है सत्ती ने कहा कि उनका पूरा जीवन देश की संस्कृति और देश हित के लिए समर्पित रहा कार्यकम संयोजक रामसिंह ने बताया कि हर बूथ पर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिससे पार्टी को बल मिला है कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों व महासचिवों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वे प्रतिबद्ध है और उन्होंने विभिन्न मंचों से इसकी जल्द स्थापना के लिए आवाज उठाई है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक मील पत्थर साबित होगा मुख्यमंत्री राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए विशेष अभियान चलाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रणनीति बनाने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही

जयराम ठाकुर ने डाटा प्रविष्टि का कार्य सभी जिलों और खंड स्तर पर अभियान के रूप में करने के निर्देश दिए ताकि पात्र लाभार्थियों के खातों में योजना के लाभ की पहली किश्त डाली जा सके निरीक्षण सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में बनने वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए केन्द्रीय दल ने आज खैरी में भूमि का निरीक्षण किया बाद में केन्द्रीय दल के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से नाहन में उनके आवास पर इस बारे में विस्तृत चर्चा की

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये अस्पताल एक मील पत्थर साबित होगा मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा और पिछले दिनों हुए हिमपात से अवरूद्व सड़क मार्गो और बिजली आपूर्ति को बहाल करने का कार्य जारी रहा लाहौल स्पीति जिले के अंदरूनी भागों में सभी सड़कें बंद पड़ी है और हैलीपैड तक पहुंचने में लोगों को परेशानी हो रही है घाटी के लोगों का कहना है कि कड़ी मश्कत के बाद मरीजों को स्टेचर पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरओ और प्रशासन अवरूद्ध सड़कों को खोलने के प्रति गंभीर नहीं है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जोबरंग के पास दार नाले में बीती रात हिमस्खलन ने चंद्र भागा नदी का प्रवाह रूकने से एक झील बन गई है एसडीएम सुभाष गौतम ने जोबरंग से नीचे दरिया किनारे न जाने और पुल पार करते समय लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है किन्नौर जिले में भी सड़क मार्ग अवरूद्व होने से लोग परेशान है

कल्पा के एसडीएम अविनेन्द्र शर्मा के मुताबिक छितकुल में गंभीर रूप से बीमार एक आईटीबीपी जवान और एक स्थानीय व्यक्ति को हैलीटैक्सी के माध्यम से उपचार के लिए भेजा गया है हालांकि छितकुल सम्पर्क मार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं

पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने बताया कि इस घटना में किसी जानी नुकसान का समाचार नहीं है और ग्लेशियर के नीचे दबे पांच व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने निकाल दिया है उन्होंने बताया कि एक बचाव टीम घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई है इधर भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से प्रभावितों को खाद्य सामग्री देने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हैलीकॉप्टर उड़ान की मांग की है उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल हैलीकॉप्टर की तीन उड़ानों का कार्यक्रम है पहली उड़ान भुंतर किलाड़ चंबा दूसरी चंबा अजोग चंबा और तीसरी चंबा किलाड़ तिंगरिट भुंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेगी हैलीकॉप्टर मांग इस बीच लाहौल स्पीति जिला प्रधान संघ के अध्यक्ष सतप्रकाश ने घाटी के सभी हैलीपैड के लिए जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने की सरकार से मांग की है

इसके साथ ही मयाड़ घाटी के तिंगरिट में एक महिला सहित दो अन्य बीमार लोग कई दिनों से हैलीकॉप्टर उड़ान का इंतजार कर रहे हैं मनीषा नंदा अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने राज्य के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आज शिमला में सैटेलाइट फोन सौंपे उन्होंने कहा कि आपदा के समय ये सैटेलाईट फोन खासतौर पर जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन में उपयोगी साबित होंगे मनीषा नंदा ने बताया कि अगले चरण में उपमंडल स्तर पर भी सैटेलाईट फोन उपलब्ध करवाए जाएंगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की पहल पर ही ये सैटेलाईट फोन दिए गए हैं मांगपत्र चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए सुरंग न बनने पर क्षेत्र के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का एलान किया है इस संबंध में पांगी सुरंग संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है समिति के संयोजक हरीश शर्मा ने कहा है कि घाटी के लोग कई दशकों से पांगी के लिए सुरंग निर्माण की मांग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हर बार पांगी के लोगों को सुरंग बनाने के सपने दिखाए जाते हैं मगर आज तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया